मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की बटालियन को शीघ्र क्रियाशील करने की मांग की उन्होंने केंद्र से इसके लिए शीघ्र वित्तीय मदद उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया ताकि इसे मानसून से पहले क्रियाशील किया जा सके

इस दौरान राज्यपाल साहित्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लेखकों को सम्मानित भी करेंगे कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने ज़िला पर्यावरण योजना का अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों को शीघ्र एक्शन प्लांन तैयार करने को कहा है कुल्लू में एक बैठक में उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कचरा एकत्रीकरण के लिए शहरी निकायों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा उचित व्यवस्था की जाएगी उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के सहयोग से कलस्टर व मिनी कलस्टर बनाए जाएंगे और लोगों को गीला व सूखा कूड़ा अलग देने के संबंध में जागरूक किया जाएगा

किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने अधिकारियों को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं

राजधानी शिमला समेत सहित के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए है हालांकि राज्य में कल हुए हल्के हिमपात बारिश व ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज गई है मौसम के इस मिजाज से जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति किन्नौर क़ुल्लू और चंबा ज़िला के ऊंचाई वाले इलाकों में शीतलहर बढ़ गई है राज्य के निचले ज़िलों में दिनभर वर्षा अंधड और ओलावृष्टि से फसलें प्रभावित हुई है

आज अधिकतर समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है कृफरी डलहौजी समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी ऑरेंज अलर्ट के बीच प्रदेशभर में बारिश ओले भी बरसे शिमला समेत कई जगह दोपहर को छाया अंधेरा

आपका फैसला के शब्द हैं रोहतांग दर्रे सहित प्रदेश के पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर हिमाचल दस्तक लिखता है कुफरी में बर्फबारी ने फिर रोकी वाहनों की रफ्तार जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार है हिमाचल में रजत वर्षा से हुआ मार्च माह का आगाज दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल का नया मंत्रिमंडल तय मुख्यमंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मंत्रणा के बाद तैयार किया खाका पंजाब केसरी के शब्द हैं अमित शाह से मिले जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाए बढ़ी आपका फैसला की सुर्खी है सीएम दिल्ली रवाना लौटने पर होगा मंत्रिमंडल का विस्तार

अमर उजाला की एक अन्य ख़बर है वनडे मैच से पहले एचपीसीए इंद्रुनाग से मांगेगी माफी हर साल होगा भंडारा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

नमस्कार